राज्य में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के चालीस नए संक्रमित मिले कुल संक्रमितों संख्या पहुंची न् एक लाख उन्नीस हजार पचहतर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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नैसकॉम प्रौद्योगिकी एवं लीडरशिप फोरम को संबोधित किया श्री मोदी ने कहा कि आज हम अनेक देशों को मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं एक समय था जब हम छोटी कीमत के टीके के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर थे उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर से ज्यादा उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है श्री मोदी ने आगे कहा कि आईटी इंडस्ट्री में कोरोना महामारी के दौरान लाखों नए रोजगार दिए लोहरदगा के सेरेनदाग थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद जवान का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर पहले उनके पैतुक गांव गुमला जिले के जारी प्रखंड के कटिंगा में राजकीय सम्मान के साथ किया गया कल लोहरदगा में हए आईईईडी विस्फोट में जवान दुलेश्वर परास घायल हो गये थे जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित मेडिका अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां उनकी मौत हो गयी थी राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के लिए पंद्रह फरवरी से फास्टैग अनिवार्य किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वाहन मालिकों के लिए चौदह दिनों तक निःशुल्क फास्टैग की सुविधा दी है सामान्य तौर पर फास्टैग के लिए तीन सौ रुपए शुल्क लिया जाता है अधिक से अधिक वाहन फास्टैग का इस्तेमाल करें इसके मद्देनजर यह सुविधा दी गई है अभी बिना फास्टैग वाले वाहनों को टोल प्लाजा पार करने के लिए दोगुना टैक्स देना पड़ता है झारखंड में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह पर एक राष्ट्रीय स्तरीय संगोष्ठी का उद्घाटन आज रांची में प्रोजेक्ट बिल्डिंग में किया गया इस अवसर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने संगोष्ठी में भाग लेने वालों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों के साथ सड़क दुर्घटनाओं में जानमाल की सुरक्षा के लिए गुड समेरिटन के साथ आने की सराहना की उन्होंने सड़क दुर्घटना कम हो यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर सडक ऑडिट का एक मजबृत तंत्र लाने का विचार भी सामने रखा परिवहन सचिव पुलिस अधिकारियों और अन्य प्रतिभागियों ने सेमिनार में भाग लिया झारखंड के तीन मेडिकल कॉलेज पलामू दुमका और हजारीबाग में सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिए विद्यार्थियों का नामांकन नहीं होगा सर्वोच्च न्यायालय ने कल सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से नामांकन पर लगाई गई रोक हटाने से इनकार कर दिया न्यायाधीश नागेश्वर राव और न्यायाधीश कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने इन कॉलेजों में आधारभूत संरचना को ठीक करने की बात कही थी लेकिन तय समय में कमियां दूर नहीं की गई है कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पर सवाल उठाया जैसा कि आपको मालूम है कि इन तीनों कॉलेजों में एक एक सौ सीट पर नामांकन होना था राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मध्याहन भोजन बनाने वाले रसोइया सह सहायिका का मानदेय पांच सौ रुपए बढ़ा दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी इसके लिए कुल उनचालीस करोड़ उनयासी लाख पचपन हजार रुपए व्यय किए जाएंगे अब प्रत्येक रसोइया सह सहायिका को केंद्र और राज्य सरकार की राशि मिलाकर दो हजार रुपए मिलेंगे बढ़ी हई राशि एक अप्रैल दो हजार बीस से दी जाएगी इससे राज्य में कार्यरत लगभग अस्सी हजार रसोइया लाभान्वित होगी जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्र प्रायोजित इस योजना में मध्याह न भोजन बनाने के लिए प्रत्येक रसोइया को वर्ष में दस महीने के लिए एक हजार रुपए देने का प्रावधान है वहीं राज्य सरकार अब अपनी तरफ से एक हजार रुपए देगी राजधानी रांची में यातायात सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय रांची नगर निगम को पांच सौ बसें देगा यह जानकारी नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने दी उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व रांची दौरे पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संचिव द्र्गाशंकर मिश्र ने निगम को पांच सौ बसें देने का वायदा किया था इसके लिए निगम ने प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया है

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

संक्रमितों की कल संख्या बढ़कर एक लाख उन्नीस हजार पचहतर हो गई है वहीं चौवालीस लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या एक लाख सत्रह हजार दो सौ इक्यासी हो गई है

कल राज्य में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है

श्रोता टोल फ्री टेलीफोन नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छह सात पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं

इस कार्यक्रम को आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

निरीक्षण के दौरान अभियंता प्रमुख ने क्वालिटी कंट्रोल के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया वही मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही सिंपलेक्स कंपनी के अधिकारियों को मैन पावर बढ़ाने के साथ साथ काम में तेजी लाने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वो ओटीटी प्लेटफार्म जैसे अमेजन प्राइम नेटफ्लिस जी फाइव आदि पर लगाम कसने के लिए क्या कदम उठा रही है मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमए बोबडे की बेंच ने केंद्र सरकार के वकील केएम नटराजन से कहा कि केवल यह कहना प्याप्त नहीं है कि सरकार इसके लिए क्छ कदम उठाने पर विचार कर रही है अदालत केवल आपके विचार विमर्श को स्वीकार नहीं कर सकती है आप अपने कार्यों का स्पष्ट जवाब दाखिल करें

इस मौके पर राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने कहा है कि नक्सलियों को करारा जवाब दिया जाएगा

पंचायत राज विभाग ने राज्य की ग्राम पंचायतों के लिए तीन सौ सोलह करोड़ रुपए जारी किए हैं केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग के दूसरी किस्त के लिए चार सौ बाइस करोड़ रुपए आवंटित किए थे

रांची नगर निगम जयपाल सिंह स्टेडियम का जीर्णोद्वार करेगा इसके लिए निगम ने पांच करोड़ रुपए आवंटित किए हैं स्टेडियम में रात में खेल आयोजन के लिए फ्लड लाइट्स भी लगाई जाएंगी

रांची नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि अगली बार जयपाल सिंह की जयंती से पहले स्टेडियम तैयार कर लिया जाएगा

इस दौरान बारिश और वज्रपात की भी संभावना है क्षप्त खबरें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी बीस फरवरी को दिल्ली जाएंगे